उत्तराखण्ड वॉटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट सिंचाई विभाग द्वारा बनाया गया है नीति आयोग द्वारा जलसुरक्षा के लिए हिमालय के जलस्त्रोतों के पुनर्जीवन पर प्रकाशित रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए यह प्रोजेक्ट तैयार किया जा गया है प्रोजेक्ट की प्री फिजीबिलीटी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है इसके तहत प्रस्तावित बांध नहरों और तालाबों के निर्माण की डीपीआर बनाई जा रही है मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के समक्ष प्रोजेक्ट का प्रस्तुतिकरण किया गया बताया गया कि इस प्रोजेक्ट के तहत जलस्त्रोतों के पुनर्जीवन जलाशयों से गाद निकालने तालाबों के निर्माण और नहरों के पुनरूद्वार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा सचिव डा भूपिंदर कौर औलख ने बताया कि प्रोजेक्ट से प्रदेश में सिंचन क्षमता में वृद्धि होगी जिससे कृषि उत्पादन भी बढ़ेगा इसके साथ ही भूमिगत जल स्तर रिचार्ज होगा जिससे स्थानीय लोगों और किसानों को सीधा फायदा होगा सिंचन क्षमता और कृषिगत उत्पादन में बढ़ोतरी होने से पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन भी कम होगा

कोरोना वायरस से आवश्यक सतर्कता बरतने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सुदन के साथ मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई मुख्य सचिव ने अवगत कराया कि प्रदेश की नेपाल सीमा से लगे चम्पावत पिथौरागढ़ और ऊधम सिंह नगर जिले में प्रभावित देशों से आने वाले पर्यटकों पर निगरानी के लिए सीमा क्षेत्र में मेडिकल टीमें लगाई गयी है संभावित मरीज की सघन स्क्रीनिंग की जा रही है बैठक में बताया गया कि प्रदेश में अभी तक किसी भी कोरोना वायरस मरीज की पुष्टि नहीं हुई है आपको बता दें कि चम्पावत जिले में बनबसा टनकप्र पिथौरागढ़ के धारचूला बलुवाकोट जौलजीबी झूलाघाट नैनीसैणी एयरपोर्ट ऊधम सिंह नगर जिले में खटीमा पंतनगर एयरपोर्ट देहरादून एयरपोर्ट में एम्बुलेंस के साथ मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं मुख्य सचिव ने स्क्रीनिंग सेंटर के आस पास स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में आईसोलेशन बेड्स बढ़ाने के निर्देश दिये हैं

राष्ट्रीय पुरस्कार को लेकर जिलाधिकारी ने खुशी जताई

प्लास्टिक सर्जन डॉ योगी एरन अब तक हजारों मरीजों की निशुल्क प्लास्टिक सर्जरी कर चुके हैं

वे कहते हैं कि पद्मश्री मिलने से अब उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है

इनमें से कई लोगों के पास पैसे तक नहीं होते थे ऐसे में उन्होंने लोगों की मदद करनी की ठानी डॉ एरन बताते हैं कि जिन मरीजों को उच्चस्तरीय सर्जरी की जरूरत होती है उनकी सूची तैयार की जाती है अमेरिका से अत्याधुनिक उपकरणों के साथ आए डॉक्टर उनकी सर्जरी करते हैं डॉ एरन का कहना है कि पद्मश्री सम्मान के साथ ही उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है उनका कहना है कि डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को सेवा भाव के साथ इस क्षेत्र में कदम रखना चाहिए

चमोली जिले में बदरीनाथ हेमकुंड साहिब रुद्रनाथ रूपकुंड और फूलों की घाटी सहित अन्य ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई जबकि निचले इलाकों में बादल छाए रहे राजधानी देहरादून में आसमान में बादल छाए रहे पौड़ी में सुबह से बादल छाए रहे और शीतलहर से जनजीवन प्रभावित रहा चम्पावत और बागेश्वर में भी आसमान में बादल छाए रहे जबकि पिंडर घाटी में हल्की बूंदाबांदी हुई अल्मोड़ा में भी आज धूप नहीं निकली जिले में जबरदस्त शीतलहर चल रही है

देहरादून नैनीताल ऊधमसिंह नगर पौड़ी और हरिद्वार जिलों में कल ओलावृष्टि हो सकती है जबकि पर्वतीय जिलों में शीतलहर जारी रहेगी बुधवार को प्रदेश के तीन हजार मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी होने के आसार हैं

यह निर्णय राजभवन में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया

नयी समय अवधि से पहले के लगभग डेढ़ दिन की अपेक्षा अब लोगों को पूरे दो दिन प्रदर्शनी देखने को मिलेगी पुष्प प्रदर्शनी में इस वर्ष भी उत्तराखण्ड की कोई विशिष्ट वनस्पति या पुष्प प्रजाति पर पोस्टल कवर जारी करने का निर्णय लिया गया है इस वर्ष प्रदर्शनी में लगभग दो लाख लोगों के आने की उम्मीद है राज्यपाल मौर्य ने कहा कि यह प्रदर्शनी पुष्प उत्पादकों के साथ ही खाद्य प्रसंस्करण एवं हस्तशिल्प की दृष्टि से भी लाभदायक होनी चाहिये उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी के माध्यम से राज्य में पुष्प उत्पादन को प्रोत्साहन मिलना चाहिये राज्यपाल ने सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध का उल्लेख करते हुए कपड़े के थैलों के स्टॉल लगाने के निर्देश भी दिये कल्याण सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मैती आंदोलन के लिए कल्याण सिंह रावत को भी दिल्ली में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जाएगा मैती आंदोलन के जरिए लोगों को पर्यावरण संरक्षण की अनूठी सौगात देने वाले कल्याण सिंह रावत ने चिपको आंदोलन की धरती से पेड़ों और जंगलों की उपयोगिता का अहसास दिलाया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मैती आंदोलन को सराहा मूल रूप से चमोली जिले के बैनोली गांव निवासी कल्याण सिंह रावत वर्तमान में देहरादून में रहते हैं मैती के तहत जब किसी बेटी की शादी होती है तो वह विदाई से पहले एक पौधा रोपती है इसके जरिए वह पर्यावरण संरक्षण के साथ ही अपने मायके में गुजारी यादों के साथ साथ विदाई लेती है यह आंदोलन लोगों को पसंद आने लगा और बेहद कम समय में प्रसिद्ध हो गया

भ्रमण के दौरान पक्षी केटी वाल्बर को पहली बार उत्तराखंड से खोजा गया